म्ख्य न्यायालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आंकड़ो की बजाय राज्यवार जनसंख्या आंकड़ो के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अर्टार्नी जनरल से मशविरा मांगा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि आगामी विधानसभा में योग्य महिला उम्मीदवरों को टिकट दिया जायेगा केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार का उर्वरकों पर सबसिडी में कटौती का कोड्र प्रस्ताव नहीं है

उन्होंने कहा कि किसानों को य्रिया सांविधिक अधिसूचित अधिकतम ख्दरा मूल्य पर मुहैया करवाई जा रही है

मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक खाद बनाने वाले कारखानों की श्द्व बाज़ार वसूली और खेतो तक खाद पहुंच कीमत का फर्क यूरिया बनाने वाले को आयात करने वालो को सबसिडी की तौर पर दी जाती है उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आंकड़ों की बजाय राज्यवार जनसंख्या आकंड़ो के आधार पर अल्पसंख्यक सम्दाय तय करने की मांग वाली याचिका में अटॉर्नी जरनल के के वेण्गोपाल से मशविरा मांगा है मुख्य न्ययाधीश रंजन गोगोई न्यायधीश दीपक गुप्ता और अनिरूद्व बोस की खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ल रोहतगी द्वारा राष्ट्रीय आकडों के आधार पर अल्पसंख्यक सम्दाय की धोषणा करने वालों कानून को अवैध बताने का संज्ञान लिया पीठ ने याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के कार्याकाल मे देने को कहा है और इसे चार हफ्ते के बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्व किया है

प्रवक्ता के अन्सार पंजीकरण करना बॉयलर मालिक की जिम्मेवारी है और सभी बॉयलर माकिलों को किसी अस्विधा से बचने के लिये पंजीकरण करने को कहा गया है साथ ही उन्हें बॉलयर स्थापित करने के लिये केवल मान्यता प्राप्त बॉयलर रेक्टर चुनने की सलाह दी गई है बॉयलर विक्रेता की भी जिम्मेदारी है कि वो बॉलयर बेचते समय उसके पूरे दस्तावेज़ सौंपे ताकि पंजीकरण में दिक्कत न आये प्रवक्ता ने बताया कि सरकार बॉयलर में दूर्घटना या कोई अप्रिय घटना को रोकने के लिये निर्देश लेकर गंभीर है

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि बस पोर्ट कीयह परियोजनो अपनी किस्त की पहली है साथ ही मुख्यमंत्रीने ऑ इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन की मंजूरी के साथ संस्थान में मौजूदा सेंट्रल इंस्टीट्यट ऑफ ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलजी मूरथल के और संस्थान में अडंर ग्रेज्ऐट और पोस्ट ग्रेज्ऐट कार्यक्रमों के संचालन को भी मंजूरी दे दी है

उन्होंने कोरिया के उद्योगपतियों को बताया कि दोनों ेदेशों के बीच औदयोगिक क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावना है और हरियाणा मे निवेश के लिये माहौल बेहतर है मुख्यमंत्री बाद में प्रदेश के पहले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दवारा आयोजित रोज़गार कार्यक्रम में रोज़गार उपलब्ध कराने वाले उदयोगतियों से भी मुलाकात की और उनसे उद्योग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की

बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोल्फ खेलने वाले सभी प्रतिभगियों को यहां ब्लाया गया था और इस गोल्फ मीट का एक उद्देश्य भारत व कोरिया के बीच बेहतक औद्योगिक रिशतों के लिये बातचीत करना भी था विश्वकर्मा कौशल विश्वविदयालय बारे म्ख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाता है म्ख्यमंत्री ने गोल्फ खेलने वाले सभी प्रतिभागियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रहे उद्योगपतियों को भी सम्मानित किया

इस आशय के एक प्रस्ताव को म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार इस सडक़ की मौजूदा परत कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो च्की है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस आश्य के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दिये गये है उन्होंने बताया कि अभिभावकों व विद्यार्थियों की मांग के दृष्टिगत ऐसा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सृभाष बराला ने कहा है कि आगामी विधानसभा च्नाव में भारतीय जनता पार्टी योग्य महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी वे आज रोहतक में भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है जो भी उम्मीदवार योग्य होंगी उन पर विचार किया जायेगा उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में टिकअ के कई दावेदार होने का एक अच्छा संकेत बताते हये कहा कि प्रतिस्पर्धा होगी तो ही योग्य उम्मीदवार सामने आयेंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा था एक सवाल के जवाबमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के हरियाणा मे प्रचार करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार संवदेन शील है जबकि पिछली सरकारों के समय अपराधियों को राजनीति संरक्षण मिलता था

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह कार्यक्रम का दूसरा संस्करण होगा प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार सांझा करने के लिए आंमत्रित किया है